राज्य सरकार ने बड़ा प्रशासनिक फेरबदल करते हुए करीब आधा दर्जन कलेक्टर सहित बयालीस अधिकारियों के किए तबादले राज्य में पुलिसकर्मियों की समस्याओं के निराकरण के लिए चार सदस्यीय समिति का किया गया गठन यह समिति इकतीस जनवरी तक अपनी अनुशंसा सौंपेगी बस्तर जिले के लोहांडीगुड़ा में अधिग्रहित की गई किसानों की जमीन वापस की जाएगी मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को जरूरी प्रक्रिया पूरी करने के दिए निर्देश शपथ ग्रहण समारोह प्रदेश में नई सरकार के मंत्रिपरिषद का कल विस्तार किया जाएगा शपथ ग्रहण समारोह कल सुबह ग्यारह बजे रायपुर के पुलिस परेड ग्राउंड में आयोजित किया जाएगा इसके लिए जिला प्रशासन की ओर से तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है शपथ ग्रहण में शामिल होने के लिए कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी पीएल प्रनिया और प्रभारी सचिव डॉक्टर चंदन यादव आज नई दिल्ली से रायप्र पहुंच रहे हैं गौरतलब है कि बीते सत्रह दिसंबर को मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के अलावा दो मंत्रियों टीएस सिंहदेव और ताम्रध्वज साहू ने शपथ ली थी संभावना जताई जा रही है कि कल दस मंत्रियों के शपथ लेने के पश्चात सभी मंत्रियों को विभागों का आवंटन किया जाएगा तबादला राज्य सरकार ने बीती रात प्रदेश में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल किया है इस बदलाव में करीब आधा दर्जन कलेक्टर सहित बयालीस अधिकारियों के तबादले किए गए हैं वहीं मंत्रालय में पदस्थ पांच आईएफएस अधिकारियों को उनके मूल विभाग में वापस भेजा गया है एसके कुजूर को एसीएस कृषि के साथ उद्योग और वाणिज्य का भी जिम्मा दिया गया है वहीं आरपी मंडल को पंचायत के साथ गृह जेल और परिवहन आयुक्त का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है एसीएस वन सीके खेतान को योजना आर्थिक सांख्यिकी और बीस सूत्रीय कार्यक्रम विभाग दिया गया है एसीएस अमिताभ जैन अब केवल वित्त विभाग के प्रभार में रहेंगे वहीं छह जिलों में नए कलेक्टरों की पदस्थापना की गई है इनमें संजय अलंग को बिलासपुर नीलेश क्षीरसागर को जशपुर टोपेश्वर वर्मा को दंतेवाड़ा यशवंत कुमार को रायगढ़ पदुम सिंह एलमा को नारायणपुर और सुनील कुमार जैन को महासमुंद जिले का कलेक्टर बनाया गया है

पुलिस उप महानिरीक्षक नेहा चम्पावत की अध्यक्षता में गठित इस समिति में संजीव शुक्ला शेख आरिफ लाल उमेंद सिंह और यूबीएस चौहान को शामिल किया गया है यह समिति आगामी इकतीस जनवरी तक अपनी अनुशंसा सौंपेगी यह जानकारी राज्य के नये पुलिस महानिदेशक दुर्गेश माधव अवस्थी ने आज रायपुर में पत्रकारों से चर्चा करते हुए दी उन्होंने बताया कि पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों के हित में अनेक निर्णय लिए गए हैं उन्होंने बताया कि पुलिसकर्मी या उनके परिजन अब अपनी समस्याओं को लेकर हर शुक्रवार को पुलिस मुख्यालय में आकर डीजीपी से मिल सकेंगे उनकी समस्याओं का तत्काल निदान करने की कोशिश की जाएगी ऐसी ही व्यवस्था जिले के सभी पुलिस अधीक्षक कार्यालयों में भी की जाएगी साथ ही सभी पुलिस अधीक्षकों को महीने में एक बार पुलिस दरबार आयोजित करने के भी निर्देश दिए गए हैं डीजीपी ने बताया कि पुलिसकर्मियों के बारहवीं पास करने वाले बच्चों को अच्छे इंजीनियरिंग और मेडिकल संस्थानों में प्रवेश लेने में मदद करने के लिए निःशुल्क कोचिंग की भी व्यवस्था की जाएगी साथ ही पुलिस हाउसिंग कार्पोरेशन द्वारा अब राज्य सरकार से सस्ती दरों पर जमीन लेकर स्नेह छाया के नाम से पुलिसकर्मियों के लिए निजी आवासों का भी निर्माण किया जाएगा इसके साथ ही सेना की तर्ज पर रायपुर सहित सभी जिला मुख्यालयों में पुलिसकर्मियों और उनके परिवारों के ड्राई कैंटीन शुरू की जाएगी जहां सस्ती दरों पर उन्हें सामान मिल सकेगा

ये पुलिस ओलपिंक तीन दिनों के हुआ करेंगे जिसमें सभी जिलों की टीमें भाग लेंगी इसके अलावा पुलिसकर्मियों की सांस्कृतिक प्रतिभा को सामने लाने के लिए हर वर्ष एक दिन का वार्षिक समारोह भी आयोजित किया जाएगा जिसमें उत्कृष्ट कार्य करने वाले पुलिसकर्मियों को पुरस्कृत भी किया जाएगा डीजीपी ने कहा कि पुलिस विभाग अंब मजबूत पुलिस विश्वसनीय पुलिस के मूलमंत्र के साथ काम करेगा श्री अवस्थी ने बताया कि माओवाद प्रभावित क्षेत्रों के साथ ही मैदानी इलाकों में भी उत्कृष्ट कार्य करने वाले पुलिसकर्मियों को जहां समय पूर्व पदोन्नति के साथ अन्य पुरस्कार दिए जाएंगे वहीं भ्रष्ट पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई भी की जाएगी अब हर महीने डीजीपी पुलिस अधीक्षकों की बैठक लेकर जिलावार कानून व्यवस्था की स्थिति की समीक्षा किया करेंगे साथ ही सामुदायिक पुलिसिंग को बढ़ावा देने के लिए थाना स्तर पर पुलिस मित्र समितियों का भी गठन किया जाएगा

बारहवीं कक्षा की परीक्षा पंद्रह फरवरी से तीन अप्रैल तक और दसवीं की इक्कीस फरवरी से उनतीस मार्च तक चलेगी बोर्ड ने स्पष्ट कर दिया है कि परीक्षा कार्यक्रम प्रतियोगी परीक्षाओं की तिथियों को ध्यान में रखते हुए निर्धारित किया गया है सभी परीक्षाएं सुबह साढ़े दस बजे से शुरू होंगी और एक बजे तक चलेंगी छात्रों को उत्तर पुस्तिका दस बजे दी जाएगी ताकि वे जरूरी जानकारी उत्तर पुस्तिका में लिख सकें परीक्षा कार्यक्रम बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट से भी डाउनलोड किया जा सकता है

मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इसके लिए अधिकारियों को जरूरी प्रक्रिया शीघ्र पूर्ण करने और मंत्रिपरिषद की आगामी बैठक में प्रस्ताव लाने के निर्देश दिए हैं गौरतलब है कि बस्तर जिले के लोहांडीगुड़ा क्षेत्र में एक निजी इस्पात संयंत्र के लिए दस गांवों के किसानों की भूमि वर्ष दो हजार आठ में अधिग्रहित की गई थी विधानसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी ने बस्तर प्रवास के दौरान लोहांडीगुड़ा क्षेत्र के किसानों को विश्वास दिलाया था कि उनकी अधिग्रहित भूमि उन्हें वापस दिलाई जाएगी जिसके बाद कांग्रेस ने इस मुद्दे को अपने जनघोषणा पत्र में भी शामिल किया था सुब्रत साहू बैठक मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी सुब्रत साहू ने आज अपने कार्यालय में राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों की बैठक ली बैठक में उन्होंने आगामी लोकसभा चुनाव के मद्देनजर केंद्रीय निर्वाचन आयोग द्वारा कराए जा रहे फोटायुक्त निर्वाचक नामावली के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम की जानकारी दी क्रिसमस प्रभु यीशु के जन्मदिन का पर्व क्रिसमस कल मनाया जाएगा इस पर्व की तैयारियां प्रदेशभर में जोर शोर से चल रही हैं राजधानी रायपुर सहित प्रदेश के विभिन्न स्थानों पर स्थित गिरिजाघरों में आज से ही उत्सव का माहौल देखा जा रहा है गिरिजाधरों में आकर्षक साज सज्जा के साथ झांकियां सजाई गई हैं आज आधी रात गिरिजाघरों में विशेष प्रार्थना की जाएगी वहीं कल प्रभु यीशु के जन्म की खुशियां मनाई जाएगी राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रदेशवासियों को क्रिसमस की बधाई और शुभकामनाए दी हैं राज्यपाल ने अपने शुभकामना संदेश में कहा है कि प्रभू यीशु मसीह ने समाज को प्रेम करूणा क्षमा दया और समानता का संदेश दिया उन्होंने कहा कि प्रभु यीशु के संदेश सदैव समाज के लिए प्रेरक और अनुकरणीय रहेंगे मुख्यमंत्री ने अपने संदेश में कहा है कि सत्य अहिंसा दया करूणा और सामाजिक समानता पर आधारित प्रभु यीशु मसीह का जीवन दर्शन सम्पूर्ण मानव समाज के लिए कल्याणकारी है सुशासन दिवस भारतीय जनता पार्टी प्रदेशभर में कल पच्चीस दिसंबर को पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी का जन्मदिन सुशासन दिवस के रूप में मनाएगी इस आयोजन के लिए केंद्रीय सुशासन विभाग द्वारा केंद्र सरकार की उपलब्धियों पर आधारित कुछ लघ् फिल्मों का भी निर्माण किया गया है ये फिल्में यू ट्यूब पर भी उपलब्ध हैं वहीं राजधानी रायपुर स्थित भाजपा कार्यालय एकात्म परिसर में कल प्रष्पांजलि कार्यक्रम का आयोजन किया गया है

अंबिकापुर के पास घाघीटिकरा जलाशय में डूबने से तीन युवकों की मौत हो गई बताया जाता है कि पांच छात्र पिकनिक मनाने गए थे जो नहाने के लिए बांध में उतरे थे

सुकमा जिले में तीन माओवादियों ने पुलिस के सामने आत्मसमर्पण किया है रैक के अभाव के कारण छब्बीस दिसंबर को पुरी से छूटने वाली पुरी उत्कल एक्सप्रेस रद्द रहेगी कवर्धा के छेरकी महल क्षेत्र में खेत की जोताई के दौरान तेरहवीं शताब्दी की भगवान गणेश की प्रतिमा मिली है राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस पर आज प्रदेश में अनेक कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं